इस पर एक हजार एक सौ पंचानवे करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके वर्ष दो हजार बाईस तक पूरे होने की संभावना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर मिशन मोड पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन के बाद देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आएगा श्री मोदी ने कहा कि पिछले छह वर्षो के दौरान देश में एमबीबीएस की इकतीस हजार नई सीटें बढाई गई हैं आयकमान भारत योजना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से उन गरीब लोगों को बहुत लाभ हुआ है जो पैसे की कमी के कारण अच्छा उपचार नहीं करा पाते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लगभग सात हजार जन औषधि केन्द्र गरीबों को बहत ही कम कीमत पर दवाईयां उपलब्ध करा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और कोविड टीका लगाने की तैयारियां जोर शोर से जारी है कोरोना से पीडित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है

वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में हुनरमंद और मेहनती प्रतिभाओं की कोई कमी नही है देश और दुनिया में यहां के प्रतिभाशाली कारीगरों ने अपने हुनर का लोहा मनवाया है श्री योगी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना राज्य के हुनरमंद कारीगरों को एक प्लेटफार्म देने की कोशिश है स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील करते हुये उन्होंने कहा कि हस्तशिल्पियों किसानों तथा नौजवानों के उत्थान के लिये सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्द है प्रदेश के लोगों को आसानी से संसाधन और बाजार मुहैया हो इसके लिये सरकार सड़क और हवाई नेटवर्क को सुद्र कर रही है कई जिलों को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है अन्नदाताओं की खुशहाली और विकास के लिये उनकी आय को दोगुना करने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है युवाओं को रोजगार देने में पारदर्शिता का ध्यान रखा जा रहा है इस अवसर पर सांसद डॉक्टर रमेश चन्द्र बिन्द भदोही के विधायक रविन्द्र नाथ त्रिपाठी तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे प्रदेश सरकार ने प्रयागराज माघ मेले में जाने के इच्छुक श्रद्वालुओं को कोविड नाइन्टीन की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी यह शर्त लागू रहेगी ब्यौरा हमारे संवाददाता से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए माघ मेला प्रयागराज और मथुरा में होने वाले संत समागम सहति विभिन्न धार्मिक आयोजनों में आनेवाले श्रद्वालुओं के लिए पांच दिन पहले की गई कोविड परीक्षण की रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है उन्होंने कहा कि ये कोविड जांच सिर्फ आरटी पीसीआर पद्वति द्वारा ही की गई होनी चाहिए सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की रिकवरी दर बढ़कर छियानबे दशमलव एक तीन प्रतिशत हो गयी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ के लोकभवन में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हये बताया कि प्रदेश में अब तक दो करोड़ उन्तालिस लाख तैंतालिस हजार एक सौ उनहत्तर सैम्पल की जांच की गयी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड से संक्रमित नौ सौ इकहत्तर नये मामले सामने आये हैं अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मेरा कोविड केन्द्र ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता को पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित कोविड नाइन्टीन जांच केन्द्र की जानकारी मिल सकती है केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनजर वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढा दी है वैयक्तिक कर दाताओं के लिए यह समय सीमा अगले वर्ष दस जनवरी तक और कम्पनियों के लिए पन्द्रह फरवरी तक बढाई गई है सरकार पहले भी दो बार यह समय सीमा बढा चुकी है